सिकंदरा के थानाध्यक्ष हुये निलंबित

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

बर्फीली पछुआ हवा चलने और औसत तापमान में छह डिग्री सेल्सियस तक की कमी आने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक रविन्द्र कुमार ने बताया कि अगले कुछ दिनों तक यही स्थिति बनी रहेगी

यहां का न्यूनतम तापमान चार दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया पटना का न्यूनतम तापमान आठ दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रहा कोहरे के कारण दृश्यता में कमी आने से ट्रेन सड़क और विमानों की आवाजाही प्रभावित हुई है हमारे दरभंगा संवाददाता ने बताया है कि दरभंगा से दिल्ली मुम्बई और बेंगलुरू जाने वाली उड़ान आज घने कुहासे के कारण रद्द कर दी गयी जमुई जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र अन्तर्गत विशनपुर में एक शिक्षक की हत्या के बाद आक्रोशित लोगों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गयी हमारे संवाददाता ने बताया कि झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल हो गये दो पुलिसकर्मियों के सर फट गये आक्रोशित लोगों को शांत कराने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग करनी पड़ी पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार मंडल ने बताया कि सिकंदरा के थानाध्यक्ष को काम में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है वहीं पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने वालों की पहचान कर एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि अगले वर्ष जनवरी महीने से देश में कोविड टीकाकरण शुरू हो सकता है उन्होंने कहा कि अगले महीने हम इस स्थिति में आ जायेंगे कि देशवासियों को कोविड टीके की पहली खुराक दी जा सके बाईट जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाएं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि सरकार देश के प्रत्येक नागरिक की जान बचाने के लिए प्रतिबद्ध है बाईट वैक्सीन को रिसर्च करने के लिए कोविड कवर योजना है उसमें नौ सौ करोड़ रुपए फाइनेंस मिनिस्टर ने आनाउंस किए सरकार तो अपनी तरफ से सब प्रयास कर रही है

प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर संतानवे दशमलव पांच एक प्रतिशत हो गयी है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान चार सौ तैंतालीस मरीजों को उपचार के बाद छूट्टी दी गयी स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख इकतालीस हजार तीन सौ अंठावन हो गयी है प्रदेश में अभी सक्रिय मामलों की संख्या चार हजार आठ सौ चौदह है इधर प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे में कोविड उन्नीस के दो सौ सत्तासी नये मामलों की पुष्टि हुई सबसे अधिक पटना से एक सौ तेरह मामले सामने आये हैं वहीं जहानाबाद से अठारह खगड़िया से चौदह और अरवल नालंदा तथा सारण से दस दस पॉजिटिव मामले दर्ज किये गये हैं अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आये हैं एक दिन में छह मरीजों की मौत के साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर एक हजार तीन सौ अंठावन हो गया है देश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर पंचानवे दशमवल पांच तीन प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों में पच्चीस हजार से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर छियानवे लाख छह हजार से अधिक हो गई है वहीं इसी अवधि में चौबीस हजार तीन सौ सैंतीस नए मामलों की पुष्टि के साथ देश में कुल संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर एक करोड़ पचपन हजार हो गई है वर्तमान में देश में संक्रमण के तीन लाख तीन हजार सक्रिय मामले हैं भारत में कोरोना संक्रमण से होने वाली मृत्यू विश्व की तुलना में बहुत कम है और यह प्रति दस लाख की आबादी पर एक सौ पांच पर स्थिर है जाने माने चिकित्सक मानस कमल सेन ने लोगों से कोविड से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है उन्होंने सर्दियों के दौरान विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है

जितने भी हमारे दिशा निर्देश हैं इस विषय में जैसे सामाजिक दूरी बरकरार रखना हाथ का धोना और मास्क का सही इस्तेमाल करना इसको हमें सदैव मन में रखते हुए तब आगे बढ़ना है जहां तक हो सके भीड़ से हमें दूरी बनाए रखना है घर में ही त्योहार मनाएं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सारे त्योहार मनाए जा रहे हैं तो हम भी इसका सही तरीके से पालन करें ब्रिटेन में कोविड महामारी की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर भारत सरकार ने ब्रिटेन से भारत की लिए आने वाली सभी उड़ानों को इकतीस दिसम्बर तक रद्द कर दिया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि यह निलंबन कल बाईस दिसम्बर की मध्य रात्रि से शुरू होगा मंत्रालय ने कहा कि बाईस दिसम्बर को रात बारह बजे तक ब्रिटेन से भारत पहुंचने वाले सभी यात्रियों का आरटी पीसीआर टैस्ट अनिवार्य होगा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का आज नई दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया वे तिरानवे वर्ष के थे उन्हें अक्तूबर में कोविड उन्नीस से संक्रमित पाया गया था जिससे वे बाद में स्वस्थ हो गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी ने मोतीलाल वोरा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है मूख्यमंत्री नीतीश क्मार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह समेत कई राजनेताओं ने मोती लाल वोरा के निधन पर गहरी संवेदना जतायी है बोधगया में विश्व विरासत स्थल महाबोधि मंदिर आज से दोबारा खूल गया है मंदिर कोविड महामारी के कारण इस वर्ष तेईस मार्च से बंद था मंदिर प्रबंधन समिति ने सुबह पांच बजे से रात नौ बजे तक मंदिर खोलने का फैसला किया है साथ ही श्रद्धालुओं को अस्सी फुट ऊंची महात्मा बुद्ध की प्रतिमा के दर्शन करने की भी अनुमति दी गयी है प्रदेश में सरकारी क्रय केन्द्रों पर धान बेचने के लिए अब भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र एलपीसी और लगान की रसीद की आवश्यकता नहीं होगी किसानों को वेबसाइट पर भूमि का ब्यौरा देना होगा और वे धान की बिक्री के लिए अपने आप निबंधित हो जाएंगे वैसे किसान जो भूमि के मालिक नहीं है उन्हें शपथ पत्र देने की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि किसानों से अधिकतम धान की खरीद सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है मौजूदा मौसम में पैंतालीस लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है अब तक दो लाख पच्चीस हजार मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है भाजपा की वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा लाये गये तीन नये कृषि कानून व्यापक सुधारों के लिए हैं आज रोहतास के दुर्गाडीह में किसान चौपाल को संबोधित करते हुये उन्होंने कहा कि इन सुधारों को देश में भरपूर समर्थन मिल रहा है उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कई राजनीति दल निहित स्वार्थों के कारण किसानों को गुमराह कर रहे हैं बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने किसान चौपाल को संबोधित किया उन्होंने कहा कि इन कानूनों का विरोध किसान नहीं बल्कि बिचौलिये कर रहे हैं वहीं मुजफ्फरपुर के बरूराज में राज्य सरकार में मंत्री मंगल पांडेय मधुबनी के राजनगर में रामप्रीत पासवान गोपालगंज के कुचायकोट में पार्टी के प्रदेश महामंत्री जनक राम और नालंदा के अस्थावां में प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद ने किसान चौपाल में लोगों को नये कानूनों के विषय में जानकारियां दी उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने प्रदेश में बैंकों की कार्य प्रणाली पर गहरी नाराजगी जतायी है श्री प्रसाद आज पटना में राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि बैंकों ने पूर्व में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया है जो बेहद चिंताजनक है उपमुख्यमंत्री ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण बांटने में बैंकों के खराब प्रदर्शन पर भी नाराजगी जतायी साथ ही उन्होंने राज्य में क्रेडिट डिपोजिट रेश्यो को बढ़ाने की आवश्यकता जतायी श्री प्रसाद ने बैंकों की नई शाखाएं खोलने और नये एटीएम लगाने की कार्य योजना बनाने का भी बैंक अधिकारियों को निर्देश दिया केन्द्र सरकार ने पेंशनरों के जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को अगले वर्ष अट्ठाईस फरवरी तक बढ़ा दिया है कार्मिक और पेंशन मामलों के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह ने यह जानकारी दी है कोविड महामारी को देखते हुए यह राहत दी गई है राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने पार्टी के अंदर भीतरघात को विधानसभा चूनाव में कई सीटों पर पार्टी की हार का प्रमुख कारण बताया है विधानसभा चुनाव के परिणामों की समीक्षा के लिए आज पटना में हुई बैठक में श्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी की परम्परा को बदलने की आवश्यकता है वहीं बैठक के बाद प्रदेश महासचिव आलोक मेहता ने बताया कि जीत हासिल करने वाले उम्मीदवारों को साथ साथ हारे हुये उम्मीदवारों से लिखित में शिकायत और सुझाव मांगे गये हैं उन्होंने बताया कि मिले सुझावों की प्रमंडलवार समीक्षा होगी और उसके बाद कोई फैसला किया जायेगा बिहार पुलिस के सभी कर्मियों ने आज शराब नहीं पीने की शपथ ली पटना स्थित पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक एस के सिंघल ने पुलिस कर्मियों को शपथ दिलायी वहीं सभी जिला मुख्यालयों में पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों ने शराब नहीं पीने की शपथ ली पटना जिले के टॉप ट्वेंटी अपराधियों में शामिल पिंकू जायसवाल को एसटीएफ की टीम ने आज दानापुर के तकिया पर मोहल्ले से गिरफ्तार किया उसके खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं पश्चिम चम्पारण जिले के शिकारपुर थाना क्षेत्र अन्तर्गत नरकटियागंज रेलवे ओवर ब्रिज के पास एक टैंकर की चपेट में आने से मोटरसाईकिल सवार तीन युवकों की मौत हो गयी इधर नालंदा जिले के इस्लामपुर थाना क्षेत्र अन्तर्गत पोस्ट आफिस मोड़ के पास एक अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आने से दो युवकों की मौत हो गयी वैशाली जिले के वलिगांव थाना क्षेत्र के चांदपुरा चौक के पास अपराधियों ने हथियार के बल पर एक बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र से डेढ़ लाख रूपये लूट लिये बेगूसराय जिले के नगर थाना क्षेत्र स्थित एक आभूषण दुकान से पिछले दिनों हुई लूट के मामले में पुलिस ने तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार अपराधियों के पास से सोना चांदी और रूपये भी बरामद किये गये हैं भोजपुर जिले के आरा नवादा थाना क्षेत्र के जगदेव नगर से पुलिस ने दो हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है इनके पास से पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किये नवादा जिले के ठेरा पंचायत के जलालपुर गांव से तेलंगाना पुलिस ने बिहार पुलिस की सहायता से तीन साईबर ठगों को गिरफ्तार किया है भागलपुर जिले के लोदीपुर थाना क्षेत्र के जीरोमाईल के पास उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक से एक सौ तैंतालीस कार्टन शराब बरामद कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया है बक्सर स्टेशन पर चलाये गये एक विशेष अभियान के तहत आठ यात्रियो को बिना टिकट यात्रा करने के आरोप में पकड़ा गया बेटिकट यात्रियों से लगभग इकतालीस हजार रुपये जुर्माना वसूला गया सारण जिले के मशरक थाना क्षेत्र के डुमरसन बाजार में अपराधियों ने एक इलेक्ट्रॉनिक द्रकान से लाखों रूपये मूल्य की संपत्ति चुरा ली और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर शीतलहर तथा कड़ाके की ठंड के कारण आम जन जीवन अस्त व्यस्त

सिकंदरा के थानाध्यक्ष हुये निलंबित